कोविड उन्नीस से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

अब तक आठ सौ तिहत्तर लोगों की मृत्यु

वैशाली सीवान और सीतामढ़ी जिले में नये मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है बाईट स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसीप्लेनरी बनाया गया सब्जेक्ट की फलैक्सीबिलिटी दी गई है मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट के अवसर दिये गये है और सबसे अहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टैक्नोलॉजी से जोड़ेगी टैक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीगल पार्ट बनाएगी यानी स्टूडेंट्स टैक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टैक्नोलॉजी के जरिये भी पढ़ेगे एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का इस्तेमाल हो ऑनलाइन लर्निंग बढ़े राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिये गये है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है

फौरन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेन्ट्स जो क्रेडिट एक्वॉयर करेंगे वो भी अब देश के इंस्टीट्यूशन में काउंट हो सकेंगे इतना ही नहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्लोबल एजुकेशन डेस्टीनेशन के तौर पर भी इस्टेब्लिस करेगी नई शिक्षा नीति पर पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन संस्थान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुये शोधकर्ता चंदन ने कहा कि इस शिक्षा नीति में स्कूलों से बाहर रहे छात्रों को फिर से शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं इस वेबिनार में निशा कुमारी सिंह वंदना प्रकाश समेत अन्य शोधार्थियों ने अपने विचार रखे संसद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी कानून संशोधन विधेयक दो हजार बीस पारित कर दिया है ये विधेयक आज राज्यसभा से पारित हो गया जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है इसके तहत कुछ ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने का प्रावधान है मौजूदा विधेयक में भागलपुर सूरत भोपाल अगरतला और रायचुर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित पांच ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने का प्रावधान है राज्य सरकार ने अट्ठाईस सितम्बर से नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय किया है शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में आज यह फैसला किया गया कोविड उन्नीस के खतरे को देखते हुये स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की गयी है इसके तहत स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती नियमों का पालन करना होगा एक छात्र सप्ताह में दो दिन स्कूल जा सकेंगे बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला अभिभावकों पर छोड़ दिया गया है इसके साथ ही बच्चों के स्कूल आने जाने की व्यवस्था भी अभिभावकों को ही करनी होगी स्कूलों को नियमित रूप से सेनेटाईज करना होगा केन्द्र सरकार ने छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है गेहूं के समर्थन मूल्य में पचास रुपये की वृद्धि की गयी है अब गेहूं का एमएसपी एक हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल होगा मसूर के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये सरसों तथा चना के लिए दो सौ पच्चीस रुपये ज्वार के लिए पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है बाईट हमने छह साल के भीतर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी के भुगतान के रूप में सात लाख करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है जो नरेन्द्र मोदी जी ने कहा वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की केन्द्रीय पूल की सीटों को आतंकवादी हमले के पीड़ित के पति अथवा पत्नी और उनके बच्चों के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया है गृहमंत्रालय ने इस सम्बंध में एक पत्र और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा है उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में प्राप्त अंक और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता के आधार पर किया जाएगा पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की निय्रक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है इस मामले की अगली सुनवाई दो नवम्बर को होगी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राज्य के तेरह विश्वविद्यालयों में चार हजार छह सौ अड़तीस सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है बावन विभिन्न विषयों के लिए दो नवम्बर तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते हैं अभ्यर्थी कल से पंजीकरण के बाद आवेदन कर सकते हैं योगेन्द्र कुमार को मधेपुरा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वे दरभंगा के सिटी एसपी के रूप में पदस्थापित थे वहीं अशोक कुमार प्रसाद को दरभंगा का नया सिटी एसपी बनाया गया है गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य की शुरूआत की परियोजना के पहले चरण के तहत पांच स्टेशन और डिपो का निर्माण होना है इस रेल परियोजना पर तेरह हजार पांच सौ नब्बे करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे मुख्यमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के निर्माण कार्य की भी शुरूआत की इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण स्वास्थ्य जल संसाधन और सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया श्री कुमार ने सीवान सीतामढ़ी और वैशाली में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस संक्रमण के एक हजार छह सौ नौ नये मामलों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक दो सौ दो नये मामले पटना जिले में रिकॉर्ड किये गये हैं वहीं रोहतास से एक सौ पैंतीस पूर्णियां से एक सौ अठारह और मुजफ्फरपुर जिले से एक सौ दस मामलों की पुष्टि हुई है राज्य के अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं राज्य में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख इकहत्तर हजार हो गयी है वहीं स्वस्थ होने वालों की दर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है अब तक एक लाख संतावन हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस महामारी से राज्य में आठ सौ तिहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है इधर देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है एक दिन में एक लाख एक हजार चार सौ अड़सठ मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई देश में ठीक होने की दर अस्सी दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में नौ लाख पचहत्तर हजार छह सौ इक्यासी लोग इस महामारी से संक्रमित हैं एक दिन में संक्रमण से एक हजार तिरपन लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा अठासी हजार नौ सौ पैंतीस हो गया है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है बाईट तीन पिलर्स हैं हमारे हैंड हाइजिंग हाथ घर से साफ करके निकलें साबून से अपने पर्स में बैग में सेनेटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सेनेटाइजर से हाथ धोते रहें सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाए और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद राज्य सरकार ने कोविड की जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच की दर डेढ़ हजार रूपये तय कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है पहले निजी लैब में जांच की दर पच्चीस सौ रूपये निर्धारित थी निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि मीडिया की कुछ खबरों में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बयान का गलत मतलब निकाला गया है जो उन्होंने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा था इसने स्पष्ट किया है कि आयोग के बिहार का निर्धारित दौरा करने और राज्य में चुनाव की तिथियों की घोषणा के बीच कोई संबंध नहीं है एक समाचार एजेंसी की खबर में इस तरह की अटकलें बिल्कुल निराधार हैं निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया संगठनों से इस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित अपनी खबरों को ठीक करने का आग्रह किया विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की ओर से वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह चौबीस सितम्बर को बिहार के शिक्षकों और अन्य लोगों को वर्च्रअल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे इधर जद्रय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में दल के नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर समीक्षा की समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी पार्टी ने चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय किया है इधर महागठबंधन के साथ वाम दलों के सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गयी है सीपीएम और सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से बातचीत की कल भाकपा माले की राजद के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई थी संसद ने आवश्यक वस्तू संशोधन विधेयक दो हजार बीस पारित कर दिया है राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है इस विधेयक में केन्द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई है यह कानून इस वर्ष जून में लागू आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश दो हजार बीस का स्थान लेगा इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज बेचने की आजादी मिलेगी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पटना जिले में स्थित पांच टेलीफोन एक्सचेंज पटेलनगर महेन्द्र फतुहा दनियावां और खुसरूपुर में भारत फाईबर सेवा की शुरूआत की इससे इन क्षेत्रों में तेज गति से इंटरनेट की सेवा उपलब्ध होगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने चेक गायब करने और जाली हस्ताक्षर कर एक करोड़ इक्यावन लाख से अधिक की राशि की फर्जी निकासी के आरोप में तीन कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है वर्ष दो हजार तेरह में जिला योजना कार्यालय पटना के तत्कालीन तीन कर्मी वीरेंद्र कुमार विकास कुमार यादव और जगदीश प्रसाद शर्मा को वित्तीय अनियमितता के मामले में जांचोपरांत दोषी पाया गया है नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत भन्नेखाप जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने कुख्यात नक्सली सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है एएसपी अभियान हिमांशु शेखर ने बताया कि सशस्त्र बल के साथ चलाये संयुक्त सर्च अभियान के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है भागलपुर कटिहार अररिया पूर्णियां और आस पास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है वहीं पटना वैशाली लखीसराय और आस पास के क्षेत्रों में भी रूक रूक कर बारिश हो रही है बारिश के कारण पटना कटिहार अररिया सहित कई शहरी इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जतायी है

कोविड उन्नीस से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

अब तक आठ सौ तिहत्तर लोगों की मृत्यु

वैशाली सीवान और सीतामढ़ी जिले में नये मेडिकल कॉलेजों की ऑधारशिला रखी